प्रधानमंत्री द्वारा सुबह इंडोनेशिया के राष्ट्रापति जोको विडोडो और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की शिखर सम्मोलन से अलग विश्व नेताओं के महिला सशक्तिकरण पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री के साथ गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिखर सम्मेलन के चौथे और अंतिम सत्र में जलवायु परिवर्तन पर्यावरण और ऊर्जा पर विचार विमर्श किया जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने े अपील की है कि लोग मन की बात कार्यक्रम को सुने तथा दूसरों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है

इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने भर्तियों के निर्देश जारी किए

भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है आरपीएफ में महिला अफसरों और कॉन्स्टेबलों की संख्या आगे और बढ़ाई जाएगी पासवान राज्यसभा केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान को कल बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया हाल के आम चुनाव में पटना साहिब से लोकसभा के लिए निर्वाचित रविशंकर प्रसाद के इस्तीफा देने से राज्यसभा की यह सीट खाली हो गई थी बीजू जनता दल उम्मीदवार अमर पटनायक और सस्मित पात्रा तथा पार्टी द्वारा समर्थित भाजपा उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव भी ओडिसा से राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिए गये हैं

गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव अगले महीने की पांच तारीख को होगा सीएम शिलान्यास मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो राष्ट्र सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करेगा उसे मध्यप्रदेश सरकार विनोबा भावे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी

उन्होंने कहा कि सरकार ई रिक्शा को बढ़ावा देगी और प्रदेश में मौजूद पड़त भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाएगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि रोजगार भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाये जा सकते हैं

उन्होंने इस संबंध में कौशल विकास प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता सहित सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया श्री गहलोत कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे कमलनाथ भेंट मुख्यमंत्री कमलनाथ से कल मंत्रालय में नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने मेधा पाटकर के नेतृत्व में मुलाकात की मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार डूब प्रभावितों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है उन्होंने कहा कि प्रभावितों के हितों का संरक्षण होगा न्यायोचित माँगों पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगी

इसके तहत ग्वालियर जिले की चारों जनपदों में एक एक क्लस्टर का गठन किया गया है एक क्लस्टर में चार से पाँच ग्राम पंचायतों को चयनित कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कचरा प्रबंधन की शुरूआत की गई है शहरों की तर्ज पर गावों में कचरा संग्रहण किया जायेगा आकाशवाणी संवादददता ने बताया है कि संग्रहित कचरे को क्लस्टर स्तर पर कचरा पृथककरण शेड पर लाया जायेगा शेड पर महिला समूह सदस्यों द्वारा गीले व सूखे कचरे को अलग अलग किया जायेगा सूखे कचरे को रिसायकिलिंग कर कचरा खरीदने वाले वेण्डरों को विक्रय किया जायेगा एवं शेष बचे जैविक गीले कचरे से जैविक कम्पोस्ट खाद तैयार कराया जायेगा इस कार्यक्रम में राज्य आजीविका मिशन में गठित महिला समूह की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

इस अवसर पर उपस्थित महापौर ं सुभाष कोठारी कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल व पुलिस अधीक्षक डॉ शिवदयाल सिंह ने हज यात्रियों को उनकी सफल धार्मिक यात्रा के लिए श्भकामनाएं दी कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सभी हज यात्रियों से कहा कि वे यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें मौसम राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद स बादल छाये हुए हैं और रूक रूक कर बारिश जारी है बारिश से लोगो को गर्मी और उमस से राहत मिली मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश के साथ ही मानसून भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में पहॅच गया है मौसम विभाग ने भोपाल रायसेन राजगढ़ विदिशा सीहोर होशंगाबाद बैतूल और हरदा जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है जबकि सागर पन्ना टीकमगढ़ दमोह छतरपुर उमरिया अनुपपुर जबलपुर नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा इन्दौर धार खंडवा खरगोन देवास सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई गई है

आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा भारतीय समयानुसार मैच दोपहर तीन बजे शुरू होगा जबकी लॉर्डस में खेले जाने वाले दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे

भारत का मैच कल बर्मिंघम में इंग्लैंड से होगा भारत ग्यारह अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है